एक निजी टेलीविजन चैनल से भेंट वार्ता में श्री शाह ने कहा कि इस कानून को वापस लेने की कोई संभावना नहीं है उन्होंने कहा कि देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा गृहमंत्री ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया एक कार्यक्रम में भी गृहमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का चाहे कितना भी विरोध क्यों न हों लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले सत्तर वर्षों से उत्पीड़न झेल रहे शरणार्थियों को नाग़रिकता और गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है अधिनियम को लेकर जारी विरोध पर गृहमंत्री ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य शरणार्थियों को देश की नागरिकता देकर सशक्त बनाना है उन्होंने कहा कि शरणार्थियों को नारिकता देना नेहरु लियाकत समझौते का हिस्सा था जिसे अब सत्तर वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किया जा रहा है प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी के अध्यक्ष गुमरी रिंगू और सेक्रेटेरी जनरल कानी नादा मालिंग के नेतृत्व में सोसायटी के एक दल ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात कर राज्य में नशीली पदार्थों के द्रुपयोग के बारे में विचार विमर्श किया दल ने बताया कि राज्यभर में सोसायटी के उनतालीस शाखा नशीली पदार्थों के दुरुपयोग को कम करने में काम कर रहे है और इसके चलते जो कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसे दल ने मुख्यमंत्री के सामना रखी दल ने ईटानगर में ड्रग्स और एलकोहल रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना और मौजूदा दी एदिक्शन सेंटर को सशक्त कर नशीली पदार्थों से ठीक हो रहे लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य जीवन यापन कौशल की सुविधा मुहैया कराने की अपील की

महीने भर चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न व्यवहारिक विषयों पर कड़ी प्रशिक्षण दी जाएगी साथ ही नए रंगरुटों को दो वर्षों तक नियमित अंतराल पर देश के विभिन्न शीर्ष संस्थानों में प्रशिक्षाण के लिए भेज्ने ज्ञागेंगे नाहरलगुन में कॉपारेटिव अपेक्स बैंक कर्मचारियों के लिए द्ररी पाठ्यक्रम के तहत तीन दिवसीय कन्टेक क्लास कॉपारेटिव बैंकिंग लेवल वन कल से आरंभ हुई इसमें उनचास कर्मचारिया भाग ले रहे है इस अवसर पर कॉपारेटिव सचिव ओनित पानियांग ने राज्य के स्वामित्व वाली अपेक्स बैंक लिमिटेड को राज्य के नागरिकों के लाभ के लिए मजबूत उधार नीति बनाने को कहा

न्यायालय ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं और इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है

इस कानून के विरोध में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य ने याचिकाएं दायर की है

बोर्ड की घोषणा के अनुसार ये परीक्षाएं अगले वर्ष पंद्रह फरवरी से शुरु होंगी

दसवीं की परीक्षाएं पंद्रह फरवरी से बीस मार्च तक और बारहवीं की परीक्षाएं पंद्रह फरवरी से तीस मार्च दो हजार बीस तक चलेंगी

सरकार ने स्थानीय द्रकानदारों के लिए जी ई एम संवाद नाम से एक नया ई वाणिज्य पोर्टल शुरु किया है यह पोर्टल स्थानीय दुकानदारों तक पहुंच बनाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है कार्यक्रम की शुरुआत वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने नई दिल्ली में की यह कार्यक्रम अगले वर्ष सत्रह फरवरी तक होगा और इसमें देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे जी ई एम में पंद्रह लाख़ से अधिक उत्पाद और लगभग बीस हजार सेवाएं तीन लाख से अधिक पंजीकृत विक्रेता और सेवा प्रदाता और चालीस हजार से अधिक सरकारी खरीदार संगठन शामिल हैं जानेमाने अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू का कल देर रात वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के चलते पूणे में निधन हो गया वे बानवे वर्ष के थे श्रीराम लागू ने आजादी के बाद महाराष्ट्र में रंगमंच आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की नटसम्राट और हिमालयाची साओली जैसे मराठी नाटकों और मराठी फिल्म पिंजरा में अभिनय से उन्हें लोकप्रियता मिली एक दिन अचानक घरोंदा और लावारिस जैसी हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने यादगार भूमिका अदा की